त् लातेहार जिले के बालूमाथ थाने से पीएलएफआई के सब जोनल कमांडर के फरार होने के मामले में चार पुलिसकर्मी निलंबित

इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 केन्द्र सरकार ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों से होली शब ए बारात बिह ईस्टर और ईद उल फित्र के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने को कहा है स्वास्थ्य मंत्रालय में अपर सचिव आरती आहूजा ने इस संबंध में राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखा है इसमें कहा गया है कि इस समय कोई भी कोताही नहीं बरती जानी चाहिए उन्होंने कहा कि कोविड महामारी को फैलने से रोकने के लिए विभिन्न मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन न करने पर अब तक की उपलब्धि पर पानी फिर सकता है

इधर झारखंड में टीकाकरण का कार्य जोर शोर से चलाया जा रहा है

गोड्डा अनुमंडल अधिकारी ऋतुराज के नेतृत्व में मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है श्री ऋतुराज ने लोगों से सोशल डिस्टेसिंग का पालन करें और जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की है गोड्डा अनुमंडल अधिकारी और एसडीपीओ ने गोड्डा नगर थाने में होली पर्व को देखते हुए शांति समिति की बैठक की

मीडिया को बताते हुए विदेश सचिव हर्षवर्धन सिंगला ने कहा कि भारत ने बांग्लांदेश की स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना पूर्ण सहयोग दिया था जिसमें भारतीय सैनिकों ने भी अपना बलिदान दिया

प्रधान न्यायाधीश श्री बोबडे ने केंद्र सरकार से उच्चतम न्यायालय के दूसरे वरिष्ठ न्यायाधीश एन वी रमणा को अगला प्रधान न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है

इसमें बालूमाथ थाना प्रभारी राणा भानू प्रताप सिंह जांच अधिकारी दीपनारायण सिंह ड्यूटी इंचार्ज ठाकुर प्रसाद सिंह और चौकीदार सुरेश गंझू शामिल है पुलिस उप महानिरीक्षक राजकुमार लकड़ा ने लापरवाही बरतने के आरोप में इनपर कार्रवाई की है इससे पूर्व श्री लकड़ा और पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद ने उस जगह का निरीक्षण किया जहां से अपराधी फरार हुआ था उन्होंने कहा कि थाना परिसर के हाजत में शौचालय होने के बाद भी किसी अपराधी को बाहर शौच के लिए ले जाना बड़ी चूक है

सीआरपीएफ ने युवाओं को पुरस्कृत भी किया कार्यक्रम में कमांडेंट भोपाल सिंह ने युवाओं को समाज की मुख्यधारा से जुड़कर कार्य करने को कहा उन्होंने युवाओं को सकारात्मक सोच रखने के लिए प्रेरित किया जेइइ मेंस के मार्च सत्र के नतीजे जारी कर दिये गये हैं

राहल कुमार रांची डीपीएस का छात्र है

श्री निशंक ने कहा कि एनईपी का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था का मार्गदर्शन करना है जो हमारे युवाओं को बेहतर भविष्य का निर्माण करने में सक्षम बनाती है उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं को सही दिशा देने में स्कूलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इस नए मूल्यांकन तंत्र से एनईपी का व्यापक दृष्टिकोण अब सकारात्मक तरीके से जमीनी स्तर पर कारगर होता नजर आयेगा श्री निशंक ने यह भी कहा कि मूल्यांकन के क्षेत्र में वैश्विक मानकों को प्राप्त करने के एनईपी के व्यापक दृष्टिकोण के साथ इस नए मूल्यांकन तंत्र को जोड़ा गया है खूंटी जिले में तेजस्विनी परियोजना के प्रभावी कियान्वयन को लेकर किशोरियों एवं युवतियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है

निरीक्षण के दौरान उन्होंने पेयजल की सुविधा को अविलंब पूरा करने का निर्देश दिया प्रभाकर मंडल ने बताया कि स्टेशन के प्लेटफार्म में रेलवे द्वारा लगाया गया नल अधिकतर खराब हो चुका है जिससे यात्रियों को पेयजल के लिए असुविधा हो रही है निरीक्षण के दौरान उन्होंने कुछ यात्रियों से भी बातचीत की तथा उनकी समस्याओं की जानकारी भी ली

पिछले पंद्रह दिनों में आग की घटनाओं में लाखों रुपये का नुकसान हुआ है

बीती रात भेरोटांड जंगल में आग लगने से कई छोटे छोटे पेड़ जल गए ग्रामीणों ने रात में ही आग पर काबू पाने की कोशिश की मुखिया महेन्द्र प्रसाद वर्मा ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी एक दिन पहले गिरिडीह डुमरी रॉड के किनारे बदडीहा के आगे भी बड़े भू भागे में आग लग गई थी जिसपर काबू पाया गया गुमला जिले की सुमति कुमारी का चयन भारतीय महिला फुटबॉल टीम में किया गया है

इससे पहले सुमति कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं

इसमें भारत के विराट कोहली को एक स्थान का फायदा हुआ और वे चौथे पायदान पर पहुंच गए

इस शिविर में एक घंटे तक योग के बारे में लोगों को जागरूक किया गया कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गागराई ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है उन्होंने कहा कि कोविड से बचाव के लिए विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप कार्यक्रम का आयोजन किया गया है